प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का सुझाव देते हुए कहा कि इस दिशा में गोबरधन योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा विमाग सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीनों से दर्ज करेगा इसके पायलेट प्रोजेक्ट की शुरूआत एक मार्च से अजमेर और झालावाड़ जिले से की जाएगी

संस्था प्रधानों को कल अजमेर में प्रशिक्षण देकर इन मशीनों का वितरण किया जाएगा इन मशीनों को शिक्षकों के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा

भीलवाड़ा के स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए कल से दो दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा

फिल्म सोलहवां सावन से बॉलीवुड में प्रवेश करने वाली श्रीदेवी ने नगीना जगत लम्हे हिम्मतवाला रूप की रानी चोरों का राजा मिस्टर इंडिया और चांदनी सहित विभिन्न फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से लगभग चार दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने श्रीदेवी के निधन पर गहरा शोक जताया है